पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के पांचों सपूतों को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई वायु सेना का ऑपरेशन वायुशक्ति आज जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू

बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमा पार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई हुई है बाद में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वे राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए सरकार और सुरक्षा बलों के साथ हैं उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर का मामला हो या देश के किसी और हिस्से का कांग्रेस आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह सरकार के साथ है

उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्वऔर पूरा विश्वास है

पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश का दूसरा नाम बन गया है

अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है एक ट्वीट संदेश में प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है

गमगीन माहौल में शहीदों का पार्थिव शरीर आज अपने पैतृक गांव पहुंचा अंत्येष्टि से पूर्व शहीद जवानों के पार्थिव देह पर राज्य सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई

धौलपुर जिले के जेतपुर गांव में शहीद भागीरथ सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

उनकी अंतिम यात्रा में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सहित जनप्रतिनिध और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुये भरतपुर जिले के सुंदरवाली में शहीद जीतराम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके पांच वर्षीय पूत्र ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी उनकी अंतिम विदाई यात्रा में केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल पूर्व सांसद भंवर जितेन्द्रसिंह शामिल हये जयपुर जिले में शाहपुरा तहसील के गोविंदपुरा गांव में शहीद रोहिताश लाम्बा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके छोटे भाई ने दो माह के पुत्र से मुखाग्नि देने की रस्म करवाई उनकी अंतिम यात्रा में केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ राज्य के शहरी निकाय मंत्री शांति धारीवाल कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सैनिक कल्याण मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सहित जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुये

उनकी अंतिम यात्रा में केन्द्रीय मंत्री सी आर चौधरी विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया सांसद हरिओम सिंह राठौड सहित गणमान्य लोग शामिल हुये शहीद नारायण लाल गुर्जर की चौदह वर्षीय पुत्री हेमलता ने बताया कि नारायण लाल गांव के युवाओं के हीरो थे

कोटा जिले के विनोद कला गांव में शहीद हेमराज मीणा का खेल मेदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

कोटा नगर निगम की बैठक में शहीद के परिवार को पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने तथा दादा बाडी बैड़मिंटन हॉल का नामकर शहीद हेमराज मीणा के नाम करने का प्रस्ताव पारित किया गया राज्य के अधिकांश शहरों और कस्बों में आज लोगों ने शहीदों के सम्मान में अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे

इस प्रदर्शन में वायुसेना के विभिन्न युद्धक विमान भाग लेंगे रक्षा प्रवक्ता शोभित घोष ने बताया कि इसमें पहली बार आकाश मिसाइल की फायरिंग होगी

राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह आज मलारना डूंगर स्थित ट्रैक पर आरक्षण का ड्राफ्ट लेकर गुर्जर नेता किरोडी सिंह बैंसला से मिलने पहचे इसके बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला ने ड्राफ्ट की प्रति पर अपने हस्ताक्षर किये और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की कर्नल बैंसला ने जनता से आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई असुविधा के लिये खेद जताते हुए कहा कि राष्ट्र हित में वे अपना आंदोलन वापस ले रहे है

सवाईमाधोपुर जिले में अब तक जाम से प्रभावित सड़कों पर यातायात शुरू हो गया है रेल यातायात शुरू होने में कुछ समय लग सकता है दौसा जिले में भी जाम हटने के बाद जयपुर आगरा राजमार्ग पर यातायात सामान्य हो गया है बूंदी जिले में भी सड़कों पर चहल पहल नजर आने लगी है

श्री गहलोत र्न एक ट्वीट में कहा कि जब जब गुर्जर समाज के आंदोलन हुए हैं हम बिना पुलिस के बल प्रयोग के इसे लोगों से वार्ता और संवाद के माध्यम से सुलझाने में कामयाब रहे हैं

श्री अरोडा ने बैठक में अधिकारियों से प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाकर हृदय रोग सहित अन्य गंभीर रोगों की दवाईयां निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी आज जयुपर में इंडियन सेक्शन ऑफ इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर हार्ट रिसर्च के वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिकको राइट दू हैत्थ देने के लिए प्रतिबद्ध है

प्रतापगढ़ जिले के कुणी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को भारतीय सैनिकों के विरुद्व आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर निलम्बित कर दिया गया है

नागौर धौलपुर और जयपुर में सर्द हवाओं ने लोगों को काफी परेशान किया